राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण को एनएसएस गतिविधियों का हिस्सा बनाने पर दिया बल

शिमला में आज विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाएं

उद्योग मंत्री बिकम सिंह वन मंत्री राकेश पठानिया और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला भी बैठक में मौजूद रहे राज्यपाल नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले हिमाचल के एनएसएस वॉलंटियर्ज ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है राज्यपाल ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे अभियानों को एनएसएस शिविरों का हिस्सा बनाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि नदियों के साथ लगते गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए ताकि नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने देश में ज्वाईन सोशल मीडिया अभियान की शुरूआत की है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में बताया कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया में भाजपा के कथित दृष्प्रचार के खिलाफ जवाब दिया जाएगा पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बताया कि इसके लिए टोल फ्री नंबर और वैबसाईट बनाई गई है जिसके तहत लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा अलर्ट उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर ट्रटने की घटना के बाद किन्नौर ज़िले में अलर्ट घोषित किया गया है

उन्होंने लोगों से ऐसे हादसों से निपटने के लिए तैयार रहने और सतलुज नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है

इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं

इसके लिए जिले में एक हज़ार एक सौ चार बूथ स्थापित किए गए हैं

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज टीकाकरण अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि इस वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति में किसी तरह का द्वष्परिणाम देखने को नहीं मिला है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है रोज़ाना बड़ी संख्या में मरीज़ संकमण से स्वस्थ हो रहे हैं जिसके चलते सकिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड़ पांच लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

स्नो फैस्टिवल लाहौल स्पिति ज़िले में मनाए जा रहे स्नो फैस्टिवल की कड़ी में आज केलंग से स्टींगरी हैलीपैड तक साइकिल रैली निकाली गई इसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया गया उपायुक्त पंकज राय ने साइकिल रैली का शुभारंभ किया और कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने के प्रति प्रेरित करना है